कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूवा पीढ़ी राष्ट्र की प्रगति और विकास में अहम भूमिका निभाएगी

हैल्प डैस्क नववर्ष मनाने शिमला आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए इस बार पुलिस हैल्प डैस्क की व्यवस्था की गई है

इस हैल्प डैस्क पर पर्यटकों को होटल की लोकेशन और उस तक पहंचने के रास्ते की जानकारी उपलब्ध करवाने के अलावा गाड़ी पार्क करने के लिए शहर की किस पार्किंग में जगह उपलब्ध है इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से विद्यत समस्याओं के समाधान सहित प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे

इसके लिए मिल्क फैडरेशन द्वारा शिमला के रिज मैदान सचिवालय और मंडी के सेरी मंच पर स्टॉल लगाए जाएंगे एक दिन सस्ता दूध बेचकर सरकार युवाओं को नशा छोड़ो दूध पियो का संदेश देगी प्रसंघ के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने बताया कि दूध सेहत बनाए रखने के लिए एक अच्छा सरोत है इसलिए लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है जबकि बीते दिनों हुई बर्फबारी के कारण प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है मध्यम व अधिक उंचाई वाले इलाकों में इन दिनों जहां पाला पड़ रहा है वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे से लोग परेशान हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है पैंशनर्ज कल्याण बोर्ड का जल्द होगा गठन अमर उजाला का शीर्षक है जनवरी में होगी पैंशनरों की जेसीसी बैठक दैनिक जागरण और आपका फैसला के लगभग एक जैसी सुर्खी है संयुक्त समन्वय समिति का जल्द होगा गठन दिव्य हिमाचल का कहना है पैंशनर्ज की मदद के लिए सरकार बनाएगी जेसीसी

पंजाब केसरी के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में निकाली भर्तियां मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है बर्फबारी के बीच होगा नए साल का आगाज दैनिक भास्कर के मुताबिक तापमान शुन्य से नीचे नदी तालाब और झरने सब जमे अमर उजाला लिखता है सूबे में आज घने कोहरे का यैलो अलर्ट कल से बारिश और बर्फबारी

पर्यटन सीजन से जुड़ी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है नववर्ष मनाने शिमला आएंगे एक लाख सैलानी एनएच को कागजों में ही कर दिया चौड़ा रिपोर्ट तलब अमर उजाला की एक खबर है उना के आईआईटी प्रशिक्ष् द्वारा सौर उर्जा से चलने वाले ऑटो को बनाए जाने की खबर भी सभी अखबारों में है हमीरपुर के वीरेंद्र शर्मा बने आईसीसी अंपायर दैनिक जागरण की खबर है जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं वीरेंद्र बने हिमाचल के पहले आईसीसी अंपायर दैनिक जागरण की एक खबर है दो जनवरी को मिल सकता है हिमाचल भाजपा को अध्यक्ष समन्वय समिति दे चुकी है नाम